और पूरे प्रदेश मे भक्तिपूर्ण माहौल में माँ सरस्वती की हो रही है पूजा अर्चना

श्री मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साठ सालों में जहां सिर्फ बारह करोड़ गैस कनेक्शन वितरित किये गये थे वहीं एनडीए सरकार ने पिछले साढ़े चार सालों में रिकॉर्ड तेरह करोड़ गैस कनेक्शन दिये हैं उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि जिन दलों ने लोगों को धुएं में जीने के लिए छोड़ दिया था वे ही अब झूठ का गुबार फैला रहे हैं

वह अब देश में झूठ का धुआं फैलाने में जुटे हैं झूठ की बुनियाद पर महामिलावट का खेल खेलने में लगे हैं संगत का असर ये है कि विकास के विजन को भूलकर मोदी को गाली देने की कॉम्पेटिशन में कूद गए हैं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर उसके शासनकाल में राष्ट्र की सुरक्षा की अनदेखी करने और रक्षा क्षेत्र में कई घोटालों से जुड़ने का भी आरोप लगाया श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में एनडीए सरकार का अलग द्रष्टिकोण है उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता देश का स्वप्न है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में चौंतीस हजार करोड़ से अधिक की दस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने राफेल मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि इस सौदे से न केवल भारतीय वायु सेना की आक्रामक क्षमता मजबूत हुई है बल्कि देश के हजारों करोड़ रुपये बचे हैं एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के दावे झूठे साबित हुए हैं श्री जेटली ने राहुल गांधी पर देश की संसद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी जांच एजेंसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करती बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है बीस फरवरी तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल सात बैठकें होंगी सत्र के दौरान सरकार वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का बजट पेश करेगी इस बार एक नई परंपरा की शुरूआत हो रही है सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण विधानमंडल के सदस्यों के बीच विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में होगा विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बैठक के दौरान सभी दलों के नेताओं से बजट सत्र के सुचारू संचालन और सार्थक विमर्श में सहयोग देने की अपील की है उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी बजट सत्र के पहले दिन बिहार का तेरहवां आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे भारत वैश्विक स्तर पर कृषि के क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है और आने वाले समय मे किसानों की आमदनी में और वृद्धि की संभावना है सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने ये बातें मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित तीन दिवसीय कृषि कुम्भ मेले के दूसरे दिन कही मेले के दूसरे दिन आज महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया इस अवसर पर केंद्रीय क्रषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि देश तभी विकास के कीर्तिमान स्थापित करेगा जब महिलायें सशक्त होंगी उन्होंने कहा कि आज देश की सीमा से लेकर जलनभ और थल में महिलाओं की उपस्थिति मजबूती से हुई है श्री सिंह ने कहा कि जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज नहीं कराई हो इस कृषि कुंभ मेले में देश भर के वैज्ञानिक और पूर्वी भारत के किसान बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरक्षण बढ़ाओ बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर कटाक्ष करते हुये पूछा है कि उन्हें बताना चाहिए कि राजद सरकार के पंद्रह साल के कार्यकाल में राज्य के कितने युवाओं को रोजगार मिला था श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जिस कांग्रेस के साथ पार्टी ने पटना में जन आकांक्ष रैली की उसी पार्टी के कारण उन्नीस सौ नवासी में भागलपुर के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए थे श्रम मंत्रालय ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के चालीस वर्ष तक की आयु के कामगार पंद्रह फरवरी से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ सकते हैं इस योजना का उद्देश्य पंद्रह हजार रुपये तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन उपलब्ध कराना है योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों को साठ वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी मुजफ्फरपुर जिले में एक निजी कंपनी के कार्यालय से लगभग दस करोड़ सोना लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस ने इस मामले में वैशाली और समस्तीपुर में छापेमारी कर तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर के वरीय प्रलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से सात करोड़ से अधिक का सोना भी बरामद किया गया है गौरतलब है कि पिछले छह फरवरी को अपराधियों ने मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर इलाका स्थित एक निजी कंपनी से लगभग दस करोड़ रूपये मूल्य का सोना लूट लिया था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटाये जाने के बाद से नाराज चल रहे नागमणि ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है पूर्व केन्द्रीय मंत्री नागमणि ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा पर पार्टी के कार्यकर्ता माधव आनंद से नौ करोड़ रुपये लेकर लोकसभा का टिकट बेचने का गंभीर आरोप भी लगाया उन्होंने कहा कि सीट बेचने को लेकर कुशवाहा समाज में काफी नाराजगी है श्री नागमणि ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उपेन्द्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के लोगों को कुशवाहा समाज वोट नहीं देगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बसंत पंचमी के अवसर पर आज तीसरे शाही स्नान का आयोजन किया गया प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने दावा किया है कि लगभग दो करोड़ श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर पवित्र स्नान किया मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए आठ किलोमीटर लंबे चालीस स्नान घाट विकसित किए थे बसंत पंचमी के बाद इस महीने की उन्नीस तारीख को दो और मुख्य स्नान पर्व आयोजित किए गए हैं पिछले महीने की पंद्रह तारीख को मेला शुरू होने के बाद से अब तक तेरह करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों ने प्रयागराज में पवित्र स्नान किया है बसंत पंचमी के मौके पर आज राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना हर्षोल्लास के साथ की जा रही है पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाकर उसमें देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गयी है सरस्वती पूजा के अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने प्रदेश की जनता को बधाई और श्भकामनायें दी हैं राज्यपाल श्री टंडन ने अपने संदेश में कहा है कि मां सरस्वती की प्रजा अर्चना से समाज में विद्या बुद्धि ज्ञान कला प्रेम सद्भावना और समरसता का विकास होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उम्मीद जतायी कि राज्य में ज्ञान के स्वर्णिम प्रकाश का अधिक से अधिक विस्तार होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बसंत पंचमी और सरस्वती प्रजा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है राष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की है कि वसंतऋतु के आगमन और ज्ञान की पूजा से जुड़ा यह त्योहार परिवार समाज और देश में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करेगा भागलपुर फारबिसगंज सुपौल और पूर्णियां में कुछ स्थानों पर पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की गयी है प्रदेश में आज न्यूनतम तापमान रोहतास जिले के डेहरी में छह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है इधर कोहरे के कारण पूर्व मध्य रेलवे की अधिकांश ट्रेनें विलंब से चल रही हैं वहीं कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है पूर्णियां जिले के बायसी थाना क्षेत्र से जब्त किये गये वाहन से पुलिस ने तीन अत्याधुनिक ए के सैंतालीस रायफल और बारह सौ कारतूस बरामद किया है कटिहार जिला के कदवा थाना क्षेत्र के असियानीपुर गांव में चार लाख रुपये की लूट के मामले में बारसोई पुलिस ने तीन अपराधियों को हथियार और लूटी गई रकम के साथ गिरफ्तार किया है शेखपुरा जिला के नगर थाना क्षेत्र के पीरमुहानी से पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में चार लोगो को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है पटना जिले के खीरी मोड़ थाना क्षेत्र में जमरूह इमामगंज गांव से पुलिस ने सामूहिक हत्याकांड के आरोपी समेत बारह अपराधियों को गिरफ्तार किया है अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के पहुंसरा पंचायत में उच्च क्षमता वाले विद्युत तार की चपेट में आने से तीन महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग झुलस कर घायल हो गये सभी घायलों को इलाज के लिए रानीगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है

और पूरे प्रदेश मे भक्तिपूर्ण माहौल में माँ सरस्वती की हो रही है पूजा अर्चना